कल रामघाट में द्रसरे पापुम पोमा रीवर फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए श्री रिजिजू ने इस फेस्टिवल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाएं जाने के लिए प्रयास किए जाणे पर बल दिया उद्घाटन समारोह मे बोलते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि राज्य में युवाओं में खेल गतिविधियों को और प्रोत्साहित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जा रहे हैं उन्होंने बताया कि ईटानगर में तैयार किए जा रहे बॉक्सिंग वुशु और वेटलिफ्टिंग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बन जाने से राज्य के खिलाड़ीयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा इस अवसर पर असम के हथकरघा और कपड़ा मंत्री रंजीत दत्ता ने भी संबोधित किया तीन दिनों तक इस फेस्टिवल में अनेक सांस्कृतिक और साहसिक खेलों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ईस्ट सियांग जिला पासीघाट में असंगठित क्षेत्रों के मजद्ररों की मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाएं जा रहे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को सुचारु रुप से चलाने के लिए कल एक कार्यक्रम आयोजन किया गया

साथ ही मासिक आमदनी पंद्रह हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए स्कीम के तहत लाभार्थी अपने खाते में जितने का योगदाण करेगा सरकार भी उसके खाते में अपनी तरफ से उतनी ही रकम का योगदान करेगी जो निश्चित अवधि के बाद पेंशन के रुप में इस योजना के तहत जमा राशि पेंशनधारी को दी जाएगी तवांग में इन दिनों ऐतिहासिक बौद्ध मठ की ओर से परंपरागत उत्सव ट्रोग्या मनाया जा रहा है बौद्ध नृत्य परंपरा पर आधारित इस महोत्सव का शुरुआत गुरुवार को पवित्र बौद्ध मठ के प्रांगण में फा छाम नृत्य के साथ हुई जिसमें बौद्ध भिक्ष और नय कलाकार ने पिग मास्क पहन कर नृत्य किया शाम के समय तवांग के साथ साथ भुटान से आए तीर्थयात्रियों की उपस्थिति में ट्रोग्या का दह किया गया दहन से पहले बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा पाठ और मंत्रोचार किया मान्यता है कि इस पर्व का आयोजन बौद्ध मठ की स्थापना के समय से किया जा रहा है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा और अन्य विपत्तियों से रक्षा के साथ साथ अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करना भी है मठ में आए हुए श्रद्धांलुओं को बौद्ध भिक्षुओं ने आशीर्वाद भी दिया

वेस्ट कामें जिले के दिरांग में भी जिला प्रशसन और स्कूली बच्चे गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों में लगे है